मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नवम्बर में धर्मशाला में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के सिलसिले में आज चंडीगढ़ में रोड शो किया और उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी की

वतन गीत केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति गीत वतन जारी किया यह विशेष गीत द्रदर्शन ने तैयार किया है

इसमें सशस्त्र बलों की वीरता और देश के शहीदों को श्रद्वांजलि भी दी गई है प्रकाश जावड़ेकर ने दूरदर्शन और प्रसार भारती को इस गीत को तैयार करने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में ये गीत लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करेगा इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केन्द्रों से किया जाएगा सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि ऊपरी क्षेत्रों से जारी सेब दृलाई के दृष्टिगत छैला सोलन सड़क को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया है उन्होंने आज शिमला में एक समीक्षा बैठक में कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क का जायजा लेने के बाद इसे यातायात के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है बैठक में शिमला के उपायुकत अमित कश्यप ने भी हिस्सा लिया गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बरसात के चलते ब्यास और इसकी सहायक नदियों में पानी में बढ़ौतरी के चलते लोगों को एहतियात बरतने को कहा है उन्होंने ये भी कहा कि ब्यास नदी में इन दिनों राफ्टिंग जैसी गतिविधियों पर रोक है और लोग इसमें सहयोग करें ताकि किसी की भी जिंदगी खतरे में न पड़ें गोविंद ठाकुर आज कुल्लू के पतली कूहल और कटरांई में रिहायशी क्षेत्रों का दौरा करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे इस क्षेत्र में कुछ रोज पूर्व बादल फटने से लोगों के घरों व बागीचों को खतरा पैदा हो गया है उन्होंने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को सड़कों तथा डंगों को तुरंत दुरूस्त करने के निर्देश दिए उन्होंने सुंदरी बाग क्षेत्र का भी दौरा किया जहां बादल फटा था भेंट राज्यपाल कलराज मिश्र ने जेपी सूचना व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में व्यवसायिक और रोजगार परक प्रशिक्षण पर बल दिया है ताकि विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हों राज्यपाल आज उनसे मिलने आए जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार से बातचीत कर रहे थे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने भी आज राजभवन में राज्यपाल से भेंट की ये एक शिष्टाचार भेंट थी

राठौर ने आज शिमला में एक ब्यान में कहा कि कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या अपमान सहन नहीं करेगी उन्होंने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की राठौर ने स्वतंत्रता सेनानी डंडू राम के साथ हुए अन्याय पर हैरानी जताई और कहा कि पांच दिनों की भूख हड़ताल के बाद भी प्रशासन द्वारा उनकी सुध न लेना गैर जिमेदाराना है उन्होंने राज्यपाल से भी इस मामले में तुरंत दखल की मांग की है

राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश के तुरंत बाद प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र और उसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा दुर्घटना शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के मशनु के नजदीक बाजवा के शरीरी जंगल में गुजरों के कोठे पर एक पेड़ के गिर जाने से दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया मरने वालों में एक महिला जीतून और उसकी बेटी शामिल है राहत व बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और घटना में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए रामपुर लाया गया है शांताकुमार पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता शांताकुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं इससे आने वाले समय में प्रदेश का पर्यटन उद्योग और तेजी से आगे बढ़ेगा शांताकुमार आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि हिमाचल को पर्यटन प्रमुख प्रदेश बनाने से जहां रोजगार बढ़ेगा वहीं इससे सरकार पर किसी तरह का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा

मारकंडा आज केलांग में कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान मेले और एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण व जागरूकता शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में व्यापक प्रावधान किया है उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का भी आहवान किया मारकंडा ने जिले को औद्योगिक क्षेत्र में के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई

ज़िला पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा ने इस घटना की पुष्टि की है और कहा है कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है इस बीच इस घटना के विरोध में ऊना जिला भाजपा ने आज ऊना में रायजादा के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन भेज कर रायजादा को विधानसभा से निष्कासित करने की मांग की दूसरी ओर रायजादा ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर सरकार के दबाव में उनके निजी सुरक्षा कर्मियों पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया

इस मौके पर न्यायिक प्रशिक्षक विजय ठाकुर ने कहा कि इन प्रतिनिधियों को फौजदारी दिवानी और राजस्व मामले सुनने संबंधी न्यायिक शक्तियों के बारे में बताया गया मौसम प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिाय है और राज्य के कई हिस्सों में व्यापक से भारी वर्षा हई है

मौसम विभाग ने आज राज्य के मैदानी और अधिक ऊंचाई वाले एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है